हरियाणा विधानसभा के चुनावों की घोषणा के बाद जिला स्तर पर तैयारियां तेज़ हो गई है

ये कंपनियां भारत से पहले किसी न किसी रूप में ज्ड़ी है मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इस क्षेत्र में विनियमन और सुगम व्यापार की दिशा में भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत में आर्थिक सुधारों और नीतियों का समर्थन किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज हयूस्टन में सिक्ख समुदाय के सदस्यों तथा कश्मीरी पंडितों से मुलाकात की श्री मोदी ने अपने टिवीट संदेशों में कहा कि सिक्ख सम्दाय के लोगों के साथ उनकी बातचीत बहत कामयाब रही जो भारत के विकास प्रति बेहद उत्स्क दिखाई दिये श्री मोदी ने कश्मीरी ॅ पंडितों के साथ भी विशेष बातचीत की प्रधानमंत्री ने कहा कि उनको दाउदी बोरा सम्दाय के सदस्यों के साय समय बिताने का मौका भी मिला और उनके साथ बहत से मुद्दों पर व्यापक बातचीत भी हई उन्होंने कहा कि दाउदी सम्दाय द्निया में अपने आप में एक विशिष्ठ सम्दाय है बोरा आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हाउडी मोदी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करेगा इसे एफ एम गोल्ड और राजधानी चैनल पर आज रात सवा नौ बते से सुना जा सकेगा

गृहमंत्री ने कहाकि आने वाले दिनों मे आंतकवाद समाप्त् हो रजायेगा गृहमंत्री ने जवाहर लाल नेहरू की आलोचना करते हये कहा कि अगर उन्होंने पाकिस्तान के संघर्ष विराम की घोषणा वेवक्त न की होती तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का अस्तित्व ही न होता उन्होंने कहा कि कशमीर मसले को पंडित नेहरू की बजाय सरदार पटेल को देखना चाहिए था शहरी स्थानीय निकाय महिला व बाल विकास मंत्री कविता जैन ने कहा कि विश्व शांति में ग्रूजनों को अहम योगदान रहा है और ग्रू हमें ईष्या दवेष की चूनौतियों से निपटने के लिए धैर्य व संयम के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते है आज सोनीपत में श्री श्वेतांबर जैन स्थानक ट्रस्ट द्वारा आयोजित विश्व शांति महायज्ञ आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि कविता जैन ने कहा कि ग्रूजन हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाते है हरियाणा विधानसभा के चुनाव की घोषणा के बाद जिला स्तर पर तैयारियां तेज़ हो गई है

उन्होंने बताया कि हर विधानसभा क्षेत्र में पांच पांच माडल पोलिंग स्टेशन बनाये जायेंगे व एक एक मतदान केन्द्र ऐसे बनाये जायेंगे जो महिला द्वारा संचालित होंगे उधर अम्बाला जिले में क्ल आठ लाख सैंतीस हजार तीन सौ नब्बे वोटर है जिनमें से नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक लाख उन्यासी हजार दो सौ सतानबे मतदाता है अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र में एक लाख चौरानबे हजार सात सौ चौबीस और अम्बाला शहर में दो लाख इक्यावन हजार चार सौ सैंतीस मतदाता है जबकि मुलाना विधानसभा क्षेत्र में दो लाख ग्यारह नौ सौ बतीस मतदाता है जिले मे चार हजार एक सौ अट्ठासी सर्विस वोटर भी है

आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के कई विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है पंचकुला से पार्टी ने आम पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेश्वर शर्मा को उम्मीदवार बनाया है उम्मीदवार घोषित किये जाने पर श्री योगेश्वर शर्मा ने कहा कि वे शिक्षा स्वास्थ्य पानी बिजली व महिला सुरक्षा के मुददों को लेकर जनता के सामने जायेंगे और पंचकूला सीट जीत कर पार्टी की की झोली में डालेंगे साथ ही दिल्ली में उनकी सरकार द्वारा किये गये काम हरियाणा में भी कराये जायेंगे वाय्सेना प्रमुख बी एस धनोआ ने कहा है कि भारतीय वाय्सेना में रफाल लड़ाक् विमानों के शामिल होने से दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति काफी मजबूत हो जायेगी द्रदर्शन समाचार के एक विशेष भेंट में उन्होंने कहा कि रफाल एक बहपयोगी युदवक विमान है और दक्षिण ऐशिया में किसी भी अन्य देश की वायु सेना मे इसका म्काबला करने की क्षमता नहीं है

ऐसे प्रत्येक केन्द्र में चार से छ खेलों के लिए तैयारियों पर निवेश किया जायेगा तथा खिलाडिय़ों का वो सारी सुविधायें एक ही छत की नीचे उपलब्ध कराई जायेगी जो पहले कभी उपलब्ध नहीं थी य्वा मामलों के केन्द्रीय मंत्री किरण रिजिज् ने आशा व्यक्त की है कि इन प्रयासों से भारतीय एथलीटो का स्तर उठाने में सहायता मिलेगी

इस सफलता पर वाको इंडिया किक बॉक्सिंग महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एव हरियाणा बॉसिंग संघ के संस्थाक महासचिव संतोष अग्रवाल ने सभी खिलाडिय़ों को बधाई दी है